राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया उन्होंने कहा कि सरकार का द्रष्टिकोण पूरी तरह स्पष्ट है कि परस्पर विचार विमर्श और चर्चा से ही लोकतंत्र और मजबूत होगा इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा समाज और देश को कमजोर करती है राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को ऐतिहासिक कानून बताया

इस सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के लिए विकास दर छह से साढ़े छह प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है कल केन्द्रीय बजट पेश होगा

नर्मदा महोत्सव प्रदेश के अमरकंटक में आज से तीन दिवसीय नर्मदा महोत्सव का श्भारम्भ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यहां विभिन्न संस्कृतियों का समावेश है और यही हमारी पहचान है मुख्यमंत्री ने नर्मदा महोत्सव हर साल मनाने की घोषणा भी की आज पहले दिन स्वास्थ्य लाभ के लिये योग का आयोजन हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को समर्पित इस महोत्सव में इक्कीस सौ कन्याओं को भोज कराने के साथ ही स्थानीय जनजातीय कला और संस्कृति का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा वहीं गायिका मैथली ठाकुर और गायक कैलाश खेर मनमोहक संगीतमय प्रस्तुति देंगे

हड़ताल का असर प्रदेश के विभिन्न शहरों के बैंको के कामकाज पर भी नजर आ रहा है हमारे मुरैना संवाददाता ने बताया कि यहां बैंककर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा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 इस सेवा के लिए साठ रुपए शुल्क लिया जाएगा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 अनुगॅज भोपाल जिले की शासकीय शालाओं के विद्यार्थियों द्वारा नृत्य संगीत की भव्य प्रस्तुति अनुग्रँज का आयोजन आज शाम रवीन्द्र भवन में होगा स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे बच्चों द्वारा अनुगूँज में पंचनाद स्वर नांदी मल्लारी पंचु पाण्डव मंगलम एवं एकाकार की प्रस्तुति दी जायेगी मौसम पहाड़ों में हुई बर्फबारी के चलते प्रदेश में ठंड ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के वैज्ञानिकों के अनुसार जम्मू कश्मीर हिमाचल और उत्तराखंड में हुयी बर्फबारी और सर्द हवाओं के चलते कल कुछ स्थानों पर शीतल दिन रहने के कारण रात का पारा काफी गिर गया

वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में मौसम को प्रभावित करने वाला कोई भी सिस्टम नही बना है इसके चलते मौसम साफ रहेगा और ठंड के तेवर अमी कृछ दिनों तक और बने रहेंगे

इसका उद्देश्य जैविक खाद्य पदार्थो को प्रोत्साहित करना है